पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज प्रधानमंत्री अटल भू जल योजना की करेंगे शुरूआत

अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि एनपीआर का कोई भी डाटा एनआरसी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि एनपीआर के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहंचा रहे हैं उन्होंने कहा कि जनगणना प्रत्येक दस वर्षों में होती है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत यूपीए सरकार ने की थी श्री शाह ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार इसे जारी रख रही है क्योंकि यह एक अच्छी योजना है एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता समाप्त हो अटल जयंती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस दौरान विभिन्न सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं

इसके अलावा अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे स्वर्गीय वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश में भी कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है राजधानी भोपाल इन्दौर और ग्वालियर सहित विभिन्न शहरों में रक्तदान शिविर फल वितरण और स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रम होंगे भोपाल में भाजपा द्वारा पूर्व संध्या पर अटल जी जीवन पर आधारित वृतचित्र का प्रदर्शन किया गया केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर में आज शाम स्वर्गीय वाजपेयी के जीवन पर आधारित नाटक मंचन और पुस्तक मेरी यात्रा अटल यात्रा के विमोचन के मौके पर उपस्थित रहेंगे इसके अलावा हमारे अटल प्यारे अटल काव्य संध्या में भी शामिल होंगे उमरिया में विशेष सफाई अभियान के अतिरिक्त श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जायेगी शिवपुरी जिले में मंडल स्तर पर सुशासन दिवस से जुड़े कार्यक्रम होंगे भू जल योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में अटल भू जल योजना की शुरूआत करेंगे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस योजना को मंजूरी दी थी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 इस योजना को पांच वर्ष के अंदर गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तरप्रदेश में पहचान किए गए क्षेत्रों में लागू किया जाएगा अटल जल योजना पंचायतों के नेतृत्वं में भूमि जल प्रबंधन को बढ़ावा देगी और प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लोगों के पानी के उपयोग को लेकर व्यवहार में परिवर्तन लाना है नागरिकता कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकालेगी

इसके अलावा पार्टी द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा उधर भाजपा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या वह पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के विरोध में है

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ भी कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे हिंद्र भी नागरिकता कानून के अंतर्गत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बल्कि उन्हें हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण कराना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा

ईसाई समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कैमलनाथ ने इसाई समुदाय सहित सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की श्भकामनायें दी हैं इस मौके पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और झांकियां लगाई गई है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई

सभी चर्चो में गौशालाए भी सजाई गई हैं धर्मग्रु बिशप चाको ने बताया कि ईसाई समाज इस बार क्रिसमस पर पर्यावरण संतुलन के लिए ग्रीन और क्लीन क्रिसमस का संदेश देगा उमरिया में रात में गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनासभाएं आयोजित की गई बैतूल में किसमस टी सजाकर ज्योति की आराधना की गई आज शाम गिरजाघरों में जन्मोत्सव की आराधना की जायेगी मौसम हवाओं का रूख बदलने से राजधानी भोपाल में दोपहर बाद मौसम बदल गया यहां हल्की ब्रंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया

भोपाल के अलावा इन्दौर उज्जैन और ग्वालियर संभागों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हई है मौसम विभाग के मुताबिक प्रति चक्रवात छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश में है इस वजह से एक दो दिन मौसम इसी तरह रहेगा

इस अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये जा रहे है